तवांग पहुंचने पर सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया रक्षामंत्री ने तवांग वार मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी श्री सिंह ने नागरिक सेना मित्रता के रुप में तवांग में अधिक ऊंचाई पर स्थित गाएत्सो स्टेडियम में आयोजित मैत्री दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया अपने संबोधन में रक्षामंत्री ने नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने सेला टनल होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने का आश्वासन दिया रक्षामंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने से अरुणाचल प्रदेश साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ जाएगा उन्होंने कहा कि इससे व्यापार रोजगार पर्यटन और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र सांसद तापिर गाव और सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपने अरुणाचल दौरे के तहत कल ईस्ट सियां जिले में सिसिरी नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करेंगे ब्रह्मांक परियोजनाओं के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दो सौ मीटर लंबा यह पूल सियांग और दिवांग वैली जिले को जोड़ेगा सैन्य दृष्टिकोण से भी यह प्रल काफी मायने रखता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तेरह से ईटानगर पासीघाट दामबूक रोइंग तेजू नामसाई असम के सदिया दुमदुमा तीनसुकिया डिब्रगढ़ सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा

ताकसिंग में कल भारतीय सेना ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया शिविर में महिलाओं और बच्चों समेत कई मरीजो ने भाग लिया उनको मुफ्त में इलाज और दवाइयां दिया गया अपर सुबनसिरी जिले में स्थित ताकसिंग एक छोटा सा गांव है इस गांव में नाह तागिन जनजाती बसे हुए है है यहा का जीवन कठिनाई और संघर्ष से भरा हुआ है ताकसिंग का सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एक सौ पच्चीस किलोमीटर दूर नाचो में स्थित है जिसके कारण आपातकालिन स्थिति में लोगों को मुशकिलों का सामना करना पड़ता है ताकसिंग के लोगों कि चिकित्सा सेवा स्थिति को देखते हए भारतीय सेना ने क्षेत्र में नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है जिसकी देखरेख आर्मी मेड़िकेल स्टाफ करेंगे जिला परिवहन अधिकारी राजधानी क्षेत्र कार्यालय ने बुधवार को नाहलगुन में ट्रैफिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया इस अवसर पर ईटानगर विधायक तेची कासो ने ट्रैफिक अनुशासन और प्रबंधन के महत्व पर बल दिया उन्होंने कहा कि इस तरह की जागरुकता कार्यक्रम पहले भी चलाया गया था लेकिन इसे सही मायने में अमल में लाने पर ही बदलाव नजर आएंगे

श्री वांगसू ने बताया कि ज्यादातर मामले दो पहियां सवार छात्रों के खिलाफ दर्ज है इसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि जल्द ही आवश्यक है कि छात्र ट्रैफिक नियम का पालन करे आपातानी युवा संगठन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कल जिरो घाटी में क्लीन क्ले रिवर की पाचवीं संस्करण का आयोजन किया जिसमें पच्चीस हजार स्वयंसेवकों ने भाग लिया इस सफाई अभियान में लोगों ने बीस किलोमिटर दूर तक पाइन ग्रोव नदी सुप्यू सुखे और सिया से सिरो गांव तक सफाई अभियान चलाया गौरतलब है कि लोवर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने शुरुआत से ही क्लीन क्ले रिवर को एक कलेंडर इवेंट घोषित किया है वेस्ट सियांग जिले के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गत मंगलवार को आलो टाउन के पेय जल की आपूर्ति के लिए मुख्य जल आपूर्ती पाईपलाईन को बहाल कर दिया है गौरतलब है कि सड़क मार्ग कार्य के कारण बड़े पैमाने पर भु कटाव और भूस्खलन की वजह से आलो के लोगों को कई दिनों से पेय जल संकट से जुझना पड़ा देश आज अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को उनके जन्म दिवस पर याद कर रहा है इस दिन को बाल दिवस के रुप में भी मनाया जाता है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहर लाल नेहरु क श्रद्धा सुमन अर्पित किए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सहित प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्तियों ने आज शांतिवन नई दिल्ली में नेहरु जी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी इधर ईटानगर में भी बाल दिवस के अवसर पर राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर दोन्यी पोलो मूक बधिर विद्यालय ईटानगर के छात्र मौजूद थे

राज्यपाल ने कहा कि बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य और शारीरिक विकास राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है